इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

एप्कों के परिसर में गांधी दर्शन और पर्यावरण विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के तमाम शहरों में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किये गये है इनमें वृक्षारोपण से लेकर पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता का संदेश देना भी शामिल है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर नागरिकों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन के खतरों से जीवन सुरक्षित करने का एक मात्र विकल्प यही है कि सब मिलकर पर्यावरण का आदर करें पैकेज ईद भाईचारे का त्योहार ईद देश के साथ प्रदेश में भी में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित अन्य शहरों में सुबह के समय ईद की नमाज अता की गई

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईदगाह पहंचकर सभी को ईद की श्भकामनाएं दी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार समाज में शांति प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है यह त्यौहार हमारी राष्ट्रीय एकता और आपसी सौहार्द्र को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करता है प्रदेश के इंदौर ग्वालियर जबलपुर सतना होशंगाबाद विदिशा डिडाँरी और बडवानी सहित अन्य जिलों से भी ईद का त्यौहार उत्साह के साथ मनाये जाने के समाचार मिले है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने ईद पर लोगों को मुबारकबाद दी है क्रिकेट विश्वकप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत साउथैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा

दक्षिण अफ्रीका ने इस विश्वकप में अपने दोनों मैच हारे है आकाशवाणी भोपाल आज से आई सी सी क्रिकेट विश्वकप के अंतर्गत भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैचों के अतिरिक्त दो सेमीफाइनल्स और फाइनल मैचों का आंखो देखा हाल प्रसारित करेगा आकाशवाणी से प्रसारित की जाने वाली कमेंट्री पहली बार इंटरनेट के माध्यम से भी सुनी जा सकती है

राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है